उन्होंने कहा कि राम मन्दिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मन्दिर निर्माण की आधारशिला रखी इसके साथ ही अयोध्या में मन्दिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया भूमि पूजन के बाद मंच से अपने संबोधन में श्री मोदी ने राम मन्दिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया उन्होंने इस अवसर पर देश विदेश के रामभक्तों को बधाई दी बाइट आज ये जय घोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा बल्कि इसकी गूंज प्ररे विश्वभर में सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले कोरोड़ो करोड़ों भारत भक्तों को राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई प्रधानमंत्री ने कहा राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने कहा कि सियावर रामचन्द्र की जय की गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है

श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है करोड़ों लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि उनका सपना साकार हो रहा है बाइट आज पूरा भारत भावुक है सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे राम लला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा श्री मोदी ने कहा कि सत्य पर अटल रहने के गुण के कारण ही श्रीराम सम्पूर्ण हैं उन्होंने कहा कि श्रीराम ने जिस तरह केवट से प्रेम और हनुमान तथा वनवासी बन्धुओं से सहयोग लिया उसी तरह का सहयोग भारत के जन जन से राम मन्दिर के निर्माण के लिए लिया जा रहा है श्री मोदो ने कहा कि आज देशभर के लोगों के सहयोग से राम मन्दिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है बाइट राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया आज का ये दिन उसी तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था तर्पण भी था संघर्ष भी था संकल्प भी था त्याग बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है श्री मोदी ने भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा की उन्होंने कहा कि हनुमानजी के आर्शीवाद से ही कलयुग में श्रीराम के काज सम्पन्न होंगे प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राम मन्दिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री मोदी को स्मारिका के रूप में लकड़ी के बने कादंड राम की प्रतिमा भेंट की इस अवसर पर अनेक संत आध्यात्मिक नेता और राम मन्दिर आन्दोलन से जुडे अन्य नेता उपस्थित थे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल सहित अन्य लोग भी समारोह में शामिल हुए ब्यौरा हमारे संवाददाता से डिस्पैच राम काज कीन्हे बिन् मोहि कहां विश्रामअर्थात भगवान राम के काम के पूरा किये बिना मैं कैसे चौन से रह सकता हूंरामचरित मानस की इन्ही पंक्तियों के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी भावनाओं को इस ऐतिहासिक अवसर पर व्यक्त किया

पारंपरिक धोती कुर्ता धारण किये प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन से पहले रामलला को साष्टांग प्रणाम किया पूजन किया और हनुमानगढ़ी के दर्शन और परिक्रमा करने के साथ ही पुजारियों द्वारा दिये गये मुकुट और साफे को स्वीकार किया ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गये इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या नगरी राम नाम से गुंजायमान रही कड़ी सुरक्षा के चलते अयोध्या की सड़कें सूनी थीं लेकिन गलियां और भवनों पर केसरिया पताका लहरा रही थी मंदिरों में भजन कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और आम अयोध्यावासी अपने घरों में राम नाम का स्मरण करते हुए एक इतिहास को बनते हुए देख रहे थे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार अयोध्या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

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सभी ताकतों को इस बात का अहसास कराया है इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सबकी कई पीढ़ियां चली गई प्रज्य संतों ने अनेक महापुरूषों ने अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आँखों के सामने ब्राहमांड नायक मर्यादा पुरूर्षोत्तम भगवान श्रीराम के भव्य म ंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आँखों के सामने देख सके राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर आज प्रदेश भर में लोगों में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है

इस उपलक्ष्य में हम लोग दीये जलाकर ढोल नगाड़े बजाते होली खेलते दीवाली मना के और इतना उल्लास है सिविल लाइनवासियों में कि रंग गुलाल खेलते हुए और राम मंदिर निर्माण की खुशी मना रहे हैं तनुश्री का कहना है बाइट तनुश्री हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो हम लोग को यह शुभ अवसर देखने का मौका मिला और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते है मोदी जी का जो हमें यह सब श्रभ अवसर देखने का मौका मिला हम बहुत खुश है अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते कैसे बयान करें र शिवनगरी वाराणसी में भी लोगों में शिलान्यास को लेकर खुशी का माहौल है एक रिपोर्ट अयोध्या में भव्य राम मन्दिर शिलान्यास को लेकर भगवान शिव की नगरी काशी में भी उल्लास का माहौल है

मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार चन्दौली राम भक्ति के उल्लास में श्रीकृष्ण की ब्रज भूमि भी सराबोर रही

सिद्वार्थनगर जिले में राम मन्दिर के शिलान्यास को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखा गया इस अवसर पर जगह जगह रामचरितमानस का पाठ और मंदिरों में प्रजा अर्चना की गई स्थानीय सांसद जगदम्बिकापाल द्वारा जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया गया इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक और लोगों की आस्था और विश्वास को वास्तविकता में बदलने का अवसर है